राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व कई वरिष्ठ नेताओं ने नेता जी को श्रदवास्मन अर्पित किये

राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नेताजी को उनकी जयंती पर श्रद्वाजंलि अर्पित की राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक टिवीट में कहा कि नेता जी स्भाष चन्द्र बोस सबसे प्रिय नायकों में से एक थे और भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक है श्रदवाजंलि अर्पित करते हये उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने भी देश के प्रति नेता जी की वीरता द्रदृष्टि और समर्पण को नमन किया उन्होनें हर पीढ़ी के नागरकों से नेता जी जैसे देशभक्त के व्यक्तित्व और कार्यो का अध्ययन करने और देश के इतिहास मे उनके योगदान का सम्मान करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक टवीट में कहा सरकार उनके आदर्शो को पूरा करने और एक मजबूत भारत बनाने के लिये प्रतिबद्ध है संसद के सेट्रल हाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी कांग्रेस नेता ग्लाम नवी आज़ाद व संसदीय मामलों मंत्री के विजय गोयल ने नेता जी को श्रदवासुमन अर्पित किये

हरियाणा के अम्बाला में भी आज कई स्थानों पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिन मनाया गया नारायणगढ़ में नेता जी चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया नेता जी कल्ब दवारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी स्मन सैनी ने कल्ब को पांच लाख रूपये देने की घोषणा की

भिवानी के चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय के सभागार में भी हिन्दी विभाग के सौजन्य से नेताजी स्भाष चन्द्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उप क्लपति प्रो राजक्मार मितल ने विद्यार्थियों को सम्बोधित किया

यह सुभाष चन्द्र बोस और आईएनए से सम्बद्व विभिन्न कला कृतियों को भी दर्शाता है जिनमें लकड़ी की कुर्सी तलवार पदक बैच वर्दी और आईएनए से संबदव अन्य कलाकृतियों शामिल है

उन्होंने कहा कि संग्रहालय के इस प्रे परिसर को क्रांति मंदिर के रूप में जाना जायेगा जो महान स्वतंत्रता सेनानियों के क्रांतिकारी उत्साह और साहस के प्रति श्रद्वाजंलि है श्री मोदी ने कहा कि नेता जी बोस और आज़ाद हिन्द्र फौज के संग्रहालय क्रांति मंदिर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस दीवारों से इतिहास गूजंता है इस ईमारत मे देश के वीर स्पूतों कर्नल प्रेम सहगल कर्नल ग्रबख्श सिंह शिल्लों और मेजर जरनल शाह नवाज़ खान को औपनिवेशक शासकों द्वारा ट्रायल के लिये रखा गया था प्रधानमंत्री ने कहला प्रेमियों से दृश्यकलाा का दौरा करने का आग्रह किया है जो लोगों को भारतीय कला और सांस्कृति केा बेहतरीन पहल्ओं को दिखायेगा श्री मोदी ने कहा कि राजा रवि वर्मा ग्रूदेव टैगौर अमृता शेरगिल अबनींद्नाथ टैगारख् नंदलाल बोस गगनेन्द्र नाथ टैगोर सैलोज़ म्खर्जिया तथा जैमिनी राय जैसे प्रख्यात भारतीय कलाकारों की कृतियां प्रदर्शनी में प्रदर्शित है श्री मोदीने कहा कि दृश्यकला में ग्रूदेव टैगोर की कलाकृतियां देखना कलाप्रेमियों के लिये आंनददायक रहेगा हरियाणा के राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नौंवे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन परसों अम्बाला शहर में होगा जिसमें मुख्य सचिव श्री डी एस ऐसी मुख्य अतिथि होंगे इस अवसर पर पर टोल फ्री नंबर एक नौ पांच शून्य का श्भारंभ होगा तथा ईवीएम वी वी पैट मशीनों की जानकारी देने वाली जागरूक्ता वैन को भी रवाना किया जायेगा हरियाणा के म्ख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि अम्बाला के अलावा हर जिले के राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम होंगे होंगे और हर जिले से रवाना होने वाली ईवीएम वी वी पैट जागरूकता हर शहर गांव व मोहल्ले में इसकी कार्यशैली बारे जानकारी देगी इस अवसर पर राज्य एवं जिला स्तर पर क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया जायेगा और सभी विभागीय कर्मचारियों का मतदाता शपथ दिलाई जायेगी

श्री विज ने बताया कि गोल्डन कार्ड की संख्या को बा़ाने के लिए राज्य सरकार दवारा कॉमन सर्विस सैंटर की सेवाएं ली जाएगी जिनकी सहायता से सरकार रंगीन एवं लेमिनेटिड गोल्डन कार्ड जारी करेगी इसके अलावा एजैंसी दवारा राज्यभर में जागरूकता शिविरों को आयोजन किया जाएगा

सबसे पहले मुख्यमंत्री ने खेड़की दौला टोल पर दवारका एक्सप्रेस वे के लिये आ रही अड़चनों बारे जानकारी ली और दवारका एक्सप्रेस वे को राष्ट्रीय राजमार्ग आठ से जोड़ने के निर्देश दिये तथा दावा किया कि खेड़की दौला टोल को यहां से जल्द हटा दिया जायेगा

बाद में दिल्ली ग्रूग्राम एक्सप्रेस वे पर इफको चौक के फलाईओवर पर रूके और हाईटेंशन तारों की अड़चनों का दूर करने के लिये अधिकारियों से विचार विमर्श किया काबिले गौर है कि कुछ दिन पहले ही रेज़ीडेट वैल्फेयरस एसोसिएश्न के दवारका एक्सप्रेस वे को जल्द शुरू करने और खेड़की दौला टोल को हटाने के लिये भूख हड़ताल की थी केन्द्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि जींद उप च्नाव सभी पार्टियों के लिये अहम है केन्द्रीय आज रेवाड़ी जिले के अहीर कालेज में संपन्न हई तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता में समापन समारोह में भाग लेने आयेंगे पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हये उन्होंने एम्स की मांग को लेकर दिये जा रहे धरने पर कहा कि एम्स बनाने के प्रयास जारी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें पत्र लिखकर आशवासन दिया है

जींद च्नाव के बाद नई तिथि घोषित कर बावल में तुलाराम पार्क का उदघाटन किया जायेगा

एक सरकारी प्रवक्ता के अन्सार ये गठित टीमें गहन चैकिंग अभियान चलाकर स्निश्चित करेगी कि आदर्श च्नाव संहिता दौरान जिले के अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहे और ऐसे किसी अन्य सामान की आपूर्ति न हो जिससे आचार संहिता का उल्लघन होता है

हरियाणा प्लिस ने स्पैशल टास्क फोर्स की सोनीपत शाखा ने एक भगोड़े अपराधी को उत्तरप्रदेश के आगरा से गिरफ्तार किया है